कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र में फैल रही बीमारियों के बारे में इस सिस्टम के माध्यम पता चलेगा जिससे उसको जल्द नियंत्रित करने में मदद मिलेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की ृष्टि से यह देश में एक ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प की दिशा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है उन्होंने कहा कि आईएचआईपी को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी प्रा सहयोग मिला आने वाले समय में इसके तहत अन्य बीमारियों को शामिल किया जायेगा ताकि उनकी भी सतत निगरानी हो सके केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से भी आईएचआईपी में पूरा सहयोग मिल रहा है लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रावत ने भी वर्च्अली भाग लिया उन्होंने कहा कि आईएचआईपी के श्भारम्भ होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जल्द नियंत्रित करने में मदद मिलेगी

प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर तक दिया गया है

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पिछले क्छ दिनों में कोरोना के अधिक मामले आये उन राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है म्ख्यमंत्री ने कहा कि हरिदवार कंभ एक बड़ी च्नौती है मेले में केन्द्र सरकार की कोविड गाईडलाइन्स का पूरा पालन किया जा रहा है टीकाकरण निरीक्षण अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया उन्होंने टीकाकरण के बाद भी कोविड ऐप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने का लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अन्रोध किया उन्होंने कहा कि दवाई भी कड़ाई भी का अनुपालन जरूर करें

साथ ही विभिन्न टीकाकरण केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की दुसरी डोज लगी

मेलाधिकारी ने नारसन बॉर्डर पर बसों और अन्य वाहनों से आने वाले यात्रियों के पंजीकरण आरटी पीसीआर जांच कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच की व्यवस्था की जानकारी ली

मेलाधिकारी ने कहा कि जो श्रद्धालु कृंभ में आना चाहते हैं उन्हें क्म्भ की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा बिना पंजीकरण क्म्भ मेला क्षेत्र में ठहरने की अनुमति नहीं है

कोविड अभियान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में कल से एक विशेष अभियान श्रू किया जाएगा इस अभियान में सभी को मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों और अन्य स्वास्थ्य स्विधाओं पर जोर दिया जाएगा

कल हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है वनाग्नि एयरफोर्स टिहरी जिले के जंगलों में लगी आग को ब्झाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को लगाया गया है हेलीकॉप्टर ने टिहरी बांध की झील से पानी भरकर जंगलों में लगी आग को ब्झाने का काम शुरू कर दिया है बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में वनाग्नि पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर दो हॉलीकाप्टर उपलब्ध कराए हैं जिला प्रशासन ने भी जंगलों में लगी आग को लेकर सख्त रूख अपनाना शुरू कर दिया है जिलाधिकारी ईवा श्रीवास्तव ने वन विभाग को आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास करने और आग लगाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने प्रधानों और स्थानीय जनता से आग ब्झाने में सहयोग करने की अपील की है जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में आग लगने से वातावरण में धुंध छाई हुई है इससे सांस और टीबी के मरीजों को काफी परेशानी हो रही है साथ ही जंगली जानवरों और बेशकीमती वन संपदा को भी भारी नुकसान हो रहा है

वनों में लगी बेकाबू आग गांवों तक पहंच रही है सल्ट उपचनाव अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा उपच्नाव को स्वतन्त्र निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से सम्पादित कराने के लिए प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने भिकियासैंण पहंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने ईवीएम मतगणना और सीसीटीवी कक्षों का निरीक्षण किया मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी व्यवस्थाओं को तय समय पर पूरा किया जाए उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिये कि संचार व्यवस्था को दुरूस्त रखा जाय ताकि मतगणना के दिन किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े इस दौरान उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट पेपर की गणना में किसी प्रकार की लापरवाही न हो मौस म प्रदेश में मौसम बदल सकता है जिससे वनाग्नि से क्छ राहत मिलेगी

उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर नैनीताल और अल्मोड़ा में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है कल भी उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ और देहरादून में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हो स क ती है कार्यशाला हरिदवार हरिद्वार में चल रहे महाकृभ मेले में किसी भी आपदा से निपटने के संबंध में किए जाने वाले उपायों को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला में अवकाश प्राप्त मेजर जनरल वीके दत्ता ने मेले में भगदड़ आतंकवादी या अन्य घटनाओं से निपटने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी उन्होंने कहा कि मेले में उत्तराखंड प्लिस के अलावा सभी तरह के सुरक्षा बल मौजूद है साथ ही सेना के सभी विंग और अन्य सुरक्षा बल भी तैनात है ऐसे में किसी भी तरह की भी आवश्यकता पड़ने पर त्रंत राहत और बचाव का कार्य श्रू किया जा सकेगा मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि कार्यशाला में क्भ में आने वाली भीड़ और उसकी निकासी को लेकर चर्चा की गई उन्होंने बताया कि जल्द ही इस संबंध में आपदा न्यूनीकरण और बचाव के संबंध में मॉक ड़िल भी की जाएगी

इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कृली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करंगे और परीक्षा के दबाव से निपटने के उपाय सुझाएंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने दिल के काफी करीब बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है उन्होंने कहा कि वे परिवार के सदस्य के रूप में परीक्षा संबंधी दबाव से उबरने में छात्रों की मदद करना चाहते हैं मल्ला महल पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि अल्मोड़ा शहर की ऐतिहासिक इमारत को संरक्षित करने के लिए पर्यटन विभाग एडीबी के बजट से कार्य कर रहा है आज पर्यटन सचिव ने अल्मोड़ा में निर्माणाधीन मल्ला महल का निरीक्षण किया उन्होंने अभी तक हए कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए नगर के बुद्धिजीवियों और इतिहासविदों से राय ली गई सीएम वनाग्नि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में वनाग्नि के प्रकोप को कम करने के लिए राज्य सरकार पूरी गम्भीरता से प्रयास कर रही है इसके लिए हर जरूरी और उपलब्ध संसाधन का उपयोग किया जा रहा है

दूसरा हेलीकाप्टर हल्द्वानी पहुंच च्का है उसका भी उपयोग किया जाएगा